विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए भारतीय संसद राज्य के बारे में कानून बनाने में सक्षम है इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किये जाने के कांग्रेस के आरोपों का उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना बंद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए गृहमंत्री ने इस बारे में लोकसभा में नियमानुसार स्थिति की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने से रोक नहीं सकता है कुछ सदस्यों की शंकाओं के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वे जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्सा चिन समेत पूरा कश्मीर शामिल होता है उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं

इस विधेयक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी

चम्पावत जिले के विभिन्न स्थानों में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में लोगों ने ढोल नगाड़ों आतिशबाजी और भारत माता के जयकारों के साथ खुशी मनाई मिठाई बांटी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व सैनिकों और आम लोगों ने एकदूसरे को बधाई दी उधर चमोली जिले में भी इस फैसले पर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की भाजपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्तओं ने जिला मुख्यालय में बम पटाखे फोड़े इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया स्लग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभागों को आउटकम और रोजगार सुजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं देहरादून में वन कौशल विकास और श्रम विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त उसी दिन तैयार हो जाना चाहिए इसके अलावा उन्होंने फील्ड अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करने और मुख्यालय के अधिकारियों को फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष में विभागों के लिए की प्रोग्रेस इंडिकेटर में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की वन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्प्रिंगशैड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया

कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आईटीआई में उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेड रखे जाने के निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए अप्रेन्टशिप की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी स्लग कुमाऊं आयुक्त मुख्यमंत्री सचिव और कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतला ने मंडल के जिलाधिकारियों को सभी निर्माणाधीन कार्यो को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिये हैं वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यो को प्राथमिकता देने के साथ ही उन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रत्येक विभाग की गहन समीक्षा कर रहे हैं उन्होंने विभागों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट तैयार रखने के निर्देश दिये हैं

गुणवत्ता परीक्षण के लिए थर्ड पार्टी को आमंत्रित किया जायेगा हरिद्वार में प्रस्तावित स्थाई कार्यो का निरीक्षण करते हुए मेलाधिकारी ने कहा कि मुख्य फोकस स्थाई कार्यों पर होगा लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई कार्य भी किये जायेंगे उन्होंने मेले के दौरान ट्रैफिक और भीड़ प्रबन्धन के कार्य स्थल का मुआयना किया उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया साथ ही उन्होंने रानीपुर झाल के पास कांवड़ पटरी पर होने वाले कार्यो को देखा और ज्वालापुर को जोड़ने वाले लालपुल का भी निरीक्षण किया

घायलों में से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन पुलिस और एसडीआरएफ के लोग राहत व बचाव कार्य में जुट गए जिलाधिकारी डॉ वीषणमुगम भी मौके पर पहुंचे घायलों को जिला चिकित्सालय बौराड़ी लाया गया है चार गंभीर रूप से घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर और एक को सड़क मार्ग से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है शेष पांच घायलों का उपचार नई टिहरी जिला चिकित्सालय में चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी में हुए हादसे पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने और अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं स्लग चमोली दुर्घटना चमोली जिले में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ स्लाइड जोन में एक बस के ऊपर भारी बोल्डर गिर गया

मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था बस में अब भी चार लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं सभी घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है चार घायलों को जोशीमठ और शेष को लामबगड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह बस बदरीनाथ से जोशीमठ को आ रही थी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया स्लाइड जोन से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण रेस्कयू में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

साथ ही प्राइमरी स्कूल का एक हिस्सा भी ढह गया

नदी से लगे कई गांवों की कृषिभूमि और सरकारी योजनाओं से बनी परिसंपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है जिले के कपकोट और गरूड़ क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने से सरयू और गोमती नदियां उफना गई हैं नदी में उफान से तटवर्ती लोगों को कुछ समय के लिए घर छोड़ने पड़ा बारिश से मलबा आने से कपकोट मोटर मार्ग झटक्वाली के पास बंद हो गया यहां कई वाहन मलबे में फंसे हैं

प्रशासन ने बंद सड़कों को खोलने में जुटा हैं उफनाई सरयू नदी में बागनाथ मंदिर के पास के सभी घाट डूब गए हैं इसके साथ ही मवेशियों के हताहत होने की भी खबर है जिलाधिकारी ने आपात बैठक बुलाकर सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं

बारिश के कारण से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न सम्पर्क मार्ग बाधित हो गए है

लगातार बारिश के कारण मार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश से शारदा सहित जिले भर के नदी नाले उफान पर है और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी खड़ी हो गई

साथ ही बनबसा शारदा बैराज पर रेड अर्लट घोषित कर दिया गया हैं वहीं टनकपुर में लगने वाला बहुउद्देश्यीय शिविर बारिश भूस्खलन और जलभराव के कारण स्थगित कर दिया गया है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ जिलों में आगे भी भारी बारिश हो सकती है

सात अगस्त को उत्तरकाशी चमोली नैनीताल देहरादून और चंपावत में भारी हो सकती है